छापेमारी और तलाशी अभियान में साढ़े तीन करोड़ लीटर से अधिक शराब पकड़ी गयी

पूर्वी चंपारण जिले के बयालीस चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है जिलाधिकारी रमन कुमार ने बताया कि ये अधिकारी च्नाव प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अनुपस्थित थे श्री क्मार ने बताया कि संबंधित विभागों से इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए कहा गया है उन्होंने कहा कि सोलह दंडाधिकारियों पर भी कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण कार्रवाई की गई है इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनका एक दिन का वेतन रोक दिया गया है आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में तीन करोड़ सत्तासी लाख रूपये से अधिक की नकदी जब्त की गयी है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव में काले धन के दुरूपयोग को रोकने के लिए पुलिस के अलावा अर्द्वसैनिक बल और आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा सघन तलाशी और जांच अभियान चलाया जा रहा है वहीं भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की कार्रवाई में अठारह लाख से अधिक की नेपाली करेंसी जब्त की गयी है जबकि पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई में अब तक तीन करोड़ चौवन लाख लीटर शराब जब्त की गयी है लोकसभा चूनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की गयी अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खगड़िया से छह और झंझारपुर से तीन उम्मीदवारों के पर्चे रद्द किये गये हैं अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नामांकन पत्रों की दोबारा जांच चल रही है नाम वापस लेने की अंतिम तिथि आठ अप्रैल तक निर्धारित है इस चरण के तहत प्रदेश के पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से कुल एक सौ चौदह उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था सबसे अधिक अररिया से सत्ताईस प्रत्याशियों ने जबकि खगड़िया से छब्बीस सुपौल से तेईस झंझारपुर से बीस और मधेप्रा से अठारह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं तीसरे चरण के लिए तेईस अप्रैल को मतदान होगा चौथे चरण के लोकसभा चूनाव के लिए आज सात प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए से भाजपा उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं मुंगेर से महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी ने अपना पर्चा दाखिल किया दरभंगा और उजियारपुर से दो दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन पत्र भरा है समस्तीपुर में आज एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार तेज हो गया है विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक एक दिन में कई स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नवादा के रजौली में लोजपा प्रत्याशी चंदन कुमार सिंह के समर्थन में च्रनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि एनडीए के कार्यकाल में दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत हुई है आतंकवाद को लेकर त्वरित कार्रवाई से देशवासियों को संतोष हुआ है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने विकास के कई महत्वपूर्ण काम किये हैं जो अबतक नहीं हो सका था सभा को संबोधित करते हुये लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र और राज्य की एनडीए सरकार ने काफी काम किये हैं दोनों नेताओं ने गया में भी एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार के समर्थन में चुनाव प्रचार किया इधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने नवादा और शेखपुरा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लड़ाई किसी व्यक्ति और गठबंधन के बीच की नहीं है बल्कि संविधान बचाने की है दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के विभिन्न इलाकों में जनसम्पर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन की अपील की बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने रजौड़ा खम्हार और मोहनपुर गांव में जनसम्पर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा और उनके पति ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है वे लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रही थीं जदयू के पूर्व विधायक दाऊद अली आज अपने समर्थकों के साथ राजद में शामिल हो गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होंगे श्री सिन्हा को पार्टी पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बना सकती है उच्चतम न्यायालय राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर दस अप्रैल को सुनवाई करेगा चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में जमानत के लिए लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई से मंगलवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है राजद अध्यक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने का आग्रह किया और कहा कि इस बारे में नोटिस जारी किया जा चुका है लालू प्रसाद इस समय रांची के बिरसा मुंडा सेन्ट्रल जेल में बन्द हैं औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्यारह अप्रैल को होने वाले लोक सभा के पहले चरण के चुनाव को लेकर घमासान तेज है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट डिस्पैच औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से सांसद सुशील कुमार सिंह और महागठबंधन के प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है वैसे बहुजन समाज पार्टी के नरेश यादव इस मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने का जी तोड प्रयास कर रहे हैं नक्सल समस्या और विकास के मुद्दे क्षेत्र के प्रमुख चुनावी चर्चा के बिंदु है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांतिपूर्वक भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की जाएगी

लोकसभा चुनाव को लेकर आज क्षेत्रीय लोक सम्पर्क और संचार ब्यूरो की ओर से पटना में कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला को संबोधित करते हये पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एस के मालवीय ने विभिन्न मीडिया इकाईयों से मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया ताकि लोकतंत्र के पर्व में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो कार्यशाला को क्षेत्रीय लोक सम्पर्क और संचार ब्यूरो के निदेशक विजय कुमार और पीआईबी पटना के निदेशक दिनेश कुमार ने भी संबोधित किया तिरहत प्रमंडल में तीन सौ पचपन लोगों के खिलाफ सीसीए की कार्रवाई की गयी है आईजी नैयर हसनैन खान ने यह जानकारी दी वहीं वोटरों को प्रभावित करने वाले तीन हजार दो सौ सैंतीस और चुनाव में बाधा पहुंचाने वाले बीस हजार से अधिक लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है पटना जिले के हाथीदह थाना क्षेत्र के बाटा मोड़ के पास आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इक्कीस वाहनों को जब्त किया गया है बांका जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बिहार पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों की टीम ने आज सघन तालाशी अभियान चलाया सुरक्षा बलों ने लोगों से बिना किसी डर के मतदान की अपील की बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नव टोलिया कोरिया के पास सड़क हादसे में कम से कम सात लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गांव के कुछ लोग सड़क किनारे बैठकर ताश खेल रहे थे तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने सभी को कुचल दिया मौके पर ही सात लोगों की मौत हो गयी

घायलों को बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा गया है घटना से आक्रोशित लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं इधर रोहतास जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गयी मैट्रिक का परीक्षा परिणाम कल जारी किया जायेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कल दोपहर साढ़े बारह बजे परिणाम जारी किये जायेंगे रिजल्ट बोर्ड की वेबसाईट बिहार बोर्ड ऑनलाईन डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध रहेगा इस बार मैट्रिक परीक्षा में सोलह लाख साठ हजार छह सौ नौ परीक्षार्थी शामिल हुये थे बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में पुलिस ने मुंगेर की एक अदालत में दस आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है इस मामले में पूर्व में भी उनतालीस तस्करों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है राजभवन में विश्वविद्यालयों के प्रमाणन और रैकिंग को लेकर आयोजित दो दिवसीय नैक कार्यशाला का आज समापन हो गया

छापेमारी और तलाशी अभियान में साढ़े तीन करोड़ लीटर से अधिक शराब पकड़ी गयी